वर्चुअल सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात साढ़े आठ बजे वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारी निजी क्षेत्र नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं

रक्षा मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया हाल के दिनों में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में विवाद शुरू होने के बाद रक्षा मंत्री का इस क्षेत्र का यह पहला दौरा है

रक्षामंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है लेकिन अगर हमारे गौरव पर हमला किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

आज भोपाल में हुई सर्वदलीय बैठक में इसका निर्णय लिया गया बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संकमण की वजह से बैठक में सर्व सम्मति से सत्र को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक एन पी प्रजापति और सज्जन सिंह वर्मा शामिल हुए पत्र सूचना वेबिनार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के भोपाल स्थित पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आज कोरोना जागरूकता और मीडिया की भूमिका विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने कहा कि कोरोना से बचाव में मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक मंगला प्रसाद मिश्र ने कोरोना संकट से लड़ने और आम नागरिकों पर इसके प्रभाव को कम करने में जनसंपर्क विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला वहीं आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश प्रमुख संजीव शर्मा ने कोरोना संकट के समय में आकाशवाणी समाचार भोपाल द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों की चर्चा की वेबिनार को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रानिक मीडिया की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार डॉ ब्रजेश राजपूत पारंपरिक माध्यमों की ओर से अजय उपाध्याय और प्रिन्ट मीडिया की तरफ से संजय मिश्र ने अपनी राय रखी वहीं रोजगार एवं निर्माण के संपादक डॉ पृष्पेंद्र पाल सिंह ने कहा कि कोरोना काल में मीडिया की भूमिका अब सिर्फ सही एवं सटीक जानकारी देने तक ही सीमित नहीं रह गई है अब मीडिया को जानकारियों के प्रसार के साथ लोगों को व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की भूमिका भी निभानी होगी

उनके इस्तीफे को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने स्वीकार कर लिया है

कांग्रेस की राज्य इकाई प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट के जरिए भाजपा पर पद और पैसे का लालच देखकर कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया

सीधी में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

शिवपुरी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कैम्प लगाकर व्यापारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है

आयुष विभाग के राज्यमंत्री रामकिशोर कांवरे ने बालाघाट में कोविड कैयर सेंटर का निरीक्षण किया शहडोल में बीमारी छिपाने पर प्रशासन ने मामला दर्ज करने की चेतावनी दी है जबलपुर में मुफ्ती ए आजम मोलाना मोहम्मद हामिद अहमद ने लोगों से प्रशासन की हिदायतों का पालन करने की अपील की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की अन्पपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विशाखापटनम से लौटा युवक उपचार के बाद संकमण मुक्त हो गया है उसे आज अस्पताल से छुट्टी दी गई

छिंदवाड़ा में एक सेना के जवान सहित दो लोग संक्रमित पाए गये

ग्ना में भी मॉस्क लगाने और सामाजिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन कराया जा रहा है

दमोह में ग्राहक के बगैर मास्क लगाये मिलने पर आज दुकानदारों पर जुर्माना किया गया

अनुपूरण अभियान प्रदेश में आज से अनुपूरण अभियान शुरू हो गया है

उधर अनूपपूर में प्रभारी कलेक्टर सरोधन सिंह ने एक बालिका को दवा पिलाकर अभियान की शुरूआत की रतलाम में विटामिन ए की खुराक पिलाकर एसडीएम और सीएचओ ने अभियान की शुरूआत की